कल शिमला में केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कोविड फंड को लेकर सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के उपरी इलाकों में सेब सीजन को देखते हुए नेपाली मजदूरों को वापिस लाने के लिए उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को पत्र लिखकर मदद का आग्रह किया है वेंटीलेटर खरीद एफआईआर वैंटीलेटर खरीद के कथित झूठे आरोप व राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की छवि खराब करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि इन लोगों ने निगम पर सब स्टैंडर्ड और कम कीमत के वेंटिलेटर मंहगे दामों पर खरीदने के झूठे व निराधार आरोप लगाये हैं प्रवक्ता ने कहा कि निगम द्वारा वेंटिलेटर की ऐसी कोई खरीद नहीं की गई है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय के स्तर पर वेंटिलेटर की खरीद के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था प्रवक्ता ने कहा कि खरीद से पहले वेंटिलेटर की दरों व मानकों का अध्ययन जीईएम पोर्टल पर किया गया था और वेंटिलेटर की खरीद में पूरी पारदर्शिता बरती गई है पुरमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कल कांगड़ा ज़िले के सुलह क्षेत्र की दो मुख्य कूहलों के सुधारीकरण कार्य का जायजा लिया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कूहलों का रखरखाव कर हर खेत को सिंचाई सुविधा देन के लिए प्रयासरत है

इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है सेब सीजन के लिए नेपाली मजदूरों को अपने खर्च पर लाएगी सरकार मुख्यमंत्री बोले बागवानी हिमाचल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पंजाब केसरी का शीर्षक है जनसभाओं में एक लीटर से कम पानी की प्लास्टिक बोतलों पर लगेगा प्रतिबंध दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं कोरोना की चुनौती के बावजूद उपलब्धि भरा रहा मोदी सरकार का एक साल आपका फैसला के अनुसार हिमालय क्षेत्र पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण सीएम ने पर्यावरण दिवस पर पॉलीथीन का प्रयोग न करने का किया आहवान कोरोना संक्रमण पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है कांगड़ा में भी कोरोना का शतक प्रदेश में दस नए केस

अमर उजाला का कहना है कांगड़ा में दो साल के मासूम के माता पिता भी हए संकमित प्रदेश में दस नए मामले दैनिक भास्कर की एक खबर है फार्मा कंपनी ईऑन हैल्थकेयर में लगी आग डेढ़ करोड़ रूपए का हुआ न्कसान

आपका फैसला लिखता है प्रदेश की चोटियों पर बर्फबारी व मैदानों में झमाझम बरसे बादल अमर उजाला के अनुसार बारिश ओलों ने तोड़ी बागवानों की कमर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

नमस्कार